भाजपा विधायक मानवेन्द्र सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो रहे है प्रदेश में नवरात्रि के तहत दूर्गाष्टमी आज विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की उमड रही है भीड़

आयोग ने खामियों की पहचान करते हुए बैंकिंग प्रणाली में सुधार के सुझाव दिए हैं

इनमें रत्न और आभूषण विनिर्माण कृषि उड़ान सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र शामिल हैं डॉक्टर भसीन ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ने यह अध्ययन भविष्य में इस तरह धोखाधड़ी की रोकथाम के एहतियाती उपाय के तौर पर किया है उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आयोग द्वारा दिए गए सुझाव काफी महत्वपूर्ण हैं और इनका उपयोग र्जोखिमों को कम करने में किया जाएगा उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में मौजूदा खामियों के बारे में जागरूकता लाना है

उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है

यह कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं

उद्योग परिसंघ एसोचेम के एक कार्यक्रम में कल श्री भूषण ने कहा कि इस योजना से सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री इंद्भूषण ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वगों के साढ़े दस करोड़ से अधिक परिवारों को उपचार के लिए पांच लाख रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा

विश्व आर्थिक मंच ने कहा कि भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष के मुकाबले पांच स्थान की वृद्वि हुई है

भारत ने परिवहन बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में भारी निवेश किया है और उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ इसका विशाल बाजार और नवाचार है

विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में दो दिन के कृषि स्टार्टअप और उद्यमिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने यह बात कही

शिव विधायक श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनके कांग्रेस में आने से पार्टी और मजबूत होगी उन्होंने कहा कि भाजपा से दुखी होकर उसके नेता कांग्रेस में आ रहे हैं दूसरी ओर राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया से कहा कि श्री सिंह के कांग्रेस में जाने पर भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विभाग के डेढ हजार दलों ने घर घर जाकर सीमेंट की टंकियों कूलर और गमलों की जांच की तथा उनमें भरे हुए पानी को खाली कराया

इस बीच विभाग ने विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिये स्कूल और कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है

इस मतदान केन्द्र पर सभी चुनावकर्मी महिलाएं ही होंगी

ड्रंगरपुर जिले मेँ आशापुरा धाम विजवामाता धाम और शीतला माता धाम पर मेले का आयोजन किया जा रहा है मेले में देर रात तक गुजराती गरबा और डांडिया का प्रदर्शन किया जायेगा प्रतापगढ़ जिले में मोहल्लो और घरों में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है और गरबा नृत्य के आयोजन किये गये है करौली जिले में कैला देवी में श्रद्धालुओं की भीड उमड रही है प्रशासन द्वारा श्रद्वालुओं की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं